भारत में कोरोना महामारी से मृत्यु दर में भी लगातार गिरावट आ रही है

प्रदेश में आज दोपहर दो बजे से प्री डीएलडी की परीक्षा होगी

प्रदेश में बारिश का दौर लगातार जारी है

उधर बीकानेर में भी लगातार बारिश का दौर जारी है

इसी बीच मौसम विभाग ने आज जैसलमेर और जोधपुर जिलों में कुछ स्थानों पर तेज हवाओं के साथ भारी बारिश की चेतावनी दी है

कल रात इंटरनेट बाधित होने के कारण फाइनल मैच नहीं हो सका प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने एक ट्वीट कर ऑनलाइन चैस ओम्पियाड में स्वर्ण पदक जीतने पर भारतीय टीम को बधाई दी है खेल मंत्री किरेन रिजीजू ने भी खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दी है राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने देशवासियों को ओणम पर्व की बधाई देते हुए कहा कि ओणम का त्योहार हमारी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है साथ ही यह नयी फसल के आगमन पर प्रकृति के प्रति कृतज्ञता भाव दर्शाने का अवसर भी है

और अब आकाशवाणी जयपुर की विशेष अपील श्रोताओं कोरोना से बचाव के लिए घर से बाहर हमेशा मास्क पहने और दो गज की दूरी बनाए रखें बार बार हाथ धोए या सेनेटाइजर से साफ करें